श्री मोदी के दौरे को देखते हुये सुरक्षा के किये गये हैं व्यापक इंतजाम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पटना के गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली को संबोधित करने के साथ ही बिहार में लोकसभा चूनाव अभियान की शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की आगामी लोकसभा चूनाव को लेकर बिहार में यह पहली चुनावी रैली होगी भाजपा के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि रैली में जदयू अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोजपा अध्यक्ष सह केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान के साथ साथ एनडीए के घटक दलों के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे इधर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं गांधी मैदान में अठारह दंडाधिकारियों की प्रतिनिय्क्ति की गयी है वहीं बीस एसपी सत्तर डीएसपी और सौ से अधिक इंस्पेक्टरों के साथ बिहार पुलिस के चार हजार जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किये गये हैं पीएमसीएच आईजीआईएमएस समेत कई अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है रैली को देखते हुये पटना की यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है आज सुबह छह बजे से रैली की समाप्ति तक गांधी मैदान के जे पी गोलम्बर तक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है जबकि डाकबंगला चौराहा से जे पी गोलम्बर तक केवल पास धारक और प्रशासनिक वाहनों का ही परिचालन होगा उधर रैली को लेकर कल शाम से ही हाजीपूर से पटना को जोड़ने वाले पीपा पुल को वन वे कर दिया गया है इसके साथ ही गंगा में शाम सात बजे तक निजी नावों के परिचालन पर रोक लगा दिया गया है वहीं मोकामा के राजेंद्र सेतु पर बेगूसराय से पटना की ओर गाड़ियां आयेंगी जबकि दोपहर दो बजे के बाद रात बारह बजे तक पटना से बेगूसराय की ओर वाहन जा सकेंगे कोईलवर पुल पर सुबह में आरा से पटना की ओर वाहनों का परिचालन होगा जबकि दोपहर दो बजे के बाद रात के बारह बजे तक आरा की ओर गाड़ियां जा सकेंगी केंद्र सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में राज्य के दूसरे एम्स के निर्माण की स्वीकृति दे दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि बिहार के लोगों को इस एम्स की आवश्यकता है इसके बन जाने से उत्तर बिहार के लोगों को काफी लाभ होगा श्री नड्डा ने कहा कि डीएमसीएच के पास दो सौ एकड़ जमीन है जिससे अस्पताल के निर्माण में काफी आसानी होगी केंद्रीय स्वास्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से लगभग तेरह लाख लोग लाभांवित हो चुके हैं राज्य के डेढ़ हजार पंचायतों में पांच मार्च से पंचायत कृषि कार्यालय काम करने लगेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि इन कार्यालयों में कृषि सलाहकार और कृषि समन्वयक रहेंगे जो किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के साथ उन्नत खेती की जानकारी देंगे राजधानी पटना के पोस्टल पार्क में एक तिलक समारोह में शराब पार्टी के आरोप में पुलिस ने दस लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं बिहटा में नौ सौ बहत्तर बोतल शराब बरामद की गयी है पश्चिमी विक्षोभ के बाद अब बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का असर राज्य में दिखने की संभावना है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक प्रदेश में आंधी पानी के आसार हैं मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस दौरान हवा की रफ्तार तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे तक पहुंच सकती है दिन में ध्रलभरी आंधी का सामना भी करना पड़ सकता है मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले अड़तालीस घंटे से प्रदेश में आ रही ठंडी पश्चिमी और उत्तरी हवा के कारण तापमान सामान्य से चार डिग्री तक नीचे गिर गया है मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण लोकल थंडर स्टॉर्म बनना शुरू हो गया है रेल पटरियों पर चल रहे तकनीकी कार्यों के कारण झाझा पटना दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर चलने वाली ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि अप और डाउन ब्रह्मपुत्र मेल विक्रमशीला एक्सप्रेस समेत चौदह ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है राजधानी पटना में सरकारी सब्जी तरकारी ब्रांड के नाम से बेची जायेगी सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा है कि जिस प्रकार कम्फेड सुधा ब्रांड के नाम से दूध की बिक्री करती है उसी प्रकार तरकारी ब्रांड के नाम से जैविक खादों की मदद से उगायी गयी सब्जियों की बिक्री पांच मार्च से की जायेगी कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुये शहीद सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर पिंटु सिंह का शव आज उनके गांव पहुंचेगा शहीद इंस्पेक्टर बेगूसराय जिले के बखरी के बगरस ध्यानचक्की गांव के रहने वाले थे राज्य की तेरह हजार चार सौ इक्कीस किलोमीटर सड़कों के रख रखाब पर छियासठ अरब चौवन करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे छह साल में खर्च की जाने वाली इस राशि से सड़कों को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार बनाया जायेगा पटना के पाटलिपूत्र स्पोर्टर्स कंप्लेक्स में खेले जा रहे राज्य स्तरीय एकलव्य खेलों में पहले दिन एथलेटिक्स मुकाबलों में दीपक कुमार ने सौ मीटर का स्वर्ण पदक जीता वहीं मीरा कुमारी ने बालिका वर्ग मे सौ मीटर फर्राटा दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया सुरत में खेली जा रही मुश्ताक अली टी ट्वेंटी ट्रॉफी के एक मुकाबले में राजस्थान ने बिहार को उन्नीस रनों से पराजित कर दिया है नालंदा जिले के सोहसराय थाने की पुलिस ने चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से कई मोबाइल एटीएम कार्ड और ग्राहकों के नाम और मोबाईल नम्बर लिखे एक पंजी को बरामद किया गया है वहीं सीतामढ़ी जिले में पुनौरा थाने की पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार जालसाजों के पास से फर्जी मुहर ऑफीस पैड आठ नकली पासपोर्ट और कई अन्य आपत्तिजनक समान बरामद किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में संकल्प रैली को संबोधित करने और लोकसभा चूनाव के लिये प्रचार की अभियान शुरूआत करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है अखबारों ने इसके अलावा कई अन्य खबरों को भी जगह दी है हिन्दुस्तान लिखता है एनडीए की संकल्प रैली आज पीएम होंगे शामिल दैनिक भास्कर ने सुर्खी बनायी है पुलवामा आतंकी हमले का भारतीय मास्टर माइंड लखीसराय में पकड़ाया दैनिक जागरण ने जैश ने स्वीकारा भारतीय वायुसेना के हमले में हुयी बड़ी बर्बादी को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर की बड़ी खबर है दो सौ करोड़ से पीएमसीएच बनेगा सुपर स्पेशियलिटी

श्री मोदी के दौरे को देखते हुये सुरक्षा के किये गये हैं व्यापक इंतजाम